आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें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 केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में आज विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम किया इससे आम लोगों और यात्रियों को काफी परेशानी हई सड़कों पर वाहनों की लम्बी कतार लगी रही रांची को जोड़ने वाले विभिन्न राजमार्गो पर यातायात बाधित रहा रांची के ब्रटी मोड़ में किये गए सड़क जाम में राज्य के कृषि मंत्री बादल प्रत्रलेख भी शामिल हुए रांची के अलावा प्रदर्शनकारियों ने खूंटी सिमडेगा रामगढ़ हजारीबाग बोकारो कोर्डरमा पलाम लातेहार और गढ़वा आदि जिलों में भी सड़क जाम कर विरोध जताया

प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ न्यायपालिका के कामकाज को भी आधुनिक बनाया है श्री मोदी ने कहा कोरोना काल के दौरान न्यायपालिका ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम में सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री राज्य के राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से असोम माला का श्मारंभ करेंगे श्री मोदी बिस्वनाथ और चराइदेव में स्थापित किए जा रहे दो मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का शिलान्यास भी करेंगे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव द्र्गा शंकर मिश्रा ने आज रांची स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट और राँची नगर निगम के नए कार्यालय का दौरा किया मौके पर नगर आयक्त मुकेश कमार सुडा के निदेशक अमित कमार नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे

इसलिए प्लांट और आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए यह थाना आवश्यक था ग्रमला जिले में आज परिवहन विभाग की ओर से सड़क स्रक्षा माह के तहत जागरूकता रैली निकाली गयी जिला मुख्यालय के अलावा सिसई और भरनो प्रखंड में इस रैली का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया

इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए साथ ही लाभुकों के बीच परिसम्पतियों का वितरण किया गया जमशेदपुर चतरा साहिबगंज हजारीबाग और खूंटी जिले में संबंधित उपायुक्त एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इन शिविरों का उद्घाटन किया

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए यह पुस्तकालय बेहद उपयोगी साबित होगा पुस्तकालय में पढ़ने से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी वहीं जिले के नारायणपुर प्रखंड के सबनपुर और देवलवाड़ी गांव में उपविकास आयक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने भी सामुदायिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया

मंत्रालय के निदेशक डॉ एस के साहू ने उद्योगपतियों और धनबाद चौंबर एंड इंडस्ट्रियल आर्गेनाइजेशन के सदस्यों को संबोधित करते हुए आज कहा कि उद्योग की स्थापना के लिए सत्तर प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार देगी शेष तीस प्रतिशत राशि राज्य सरकार और उद्योगपतियों को वहन करनी होगी

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

रोजाना टीका लगवाने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है

गढ़वा रोड सोननगर रेलखंड पर आज कोयला लदी एक मालगाड़ी में आग लग गयी घटना की सूचना मिलने पर मालगाड़ी को मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर रोका गया करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काब्र पाया गया मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के उप प्रबंधक आर के ठाकर ने बताया कि आग पर काब पाने के बाद विभिन्न सुरक्षा उपायों को देखते हुए मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया

पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि इस अपराधी पर हजारीबाग और रामगढ़ जिले में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं

पुलिस अधीक्षक दीपक कमार सिन्हा ने बताया कि करमाटांड थाना क्षेत्र के सुंदरजोड़ी गांव से इनकी गिरफ्तारी हई है

इस दौरान उन्होंने सखी वन स्टॉप सेन्टर के अन्तर्गत बनाये गये कमरों रसोई घर शौचालय पेयजल और भवन परिसर में की गयी व्यवस्थाओं की जानकारी ली